राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह बने गृहमंत्री

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की घोषणा

कहा विधि मंत्री ने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्मिक जन शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष सभी नीतिगत मुद्दें और ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है वो विभाग अपने पास रखे हैं राजनाथ सिंह रक्षामंत्री और अमित शाह गृहमंत्री बनाये गये हैं निर्मला सीतारामन वित्तमंत्री और एस जयशंकर विदेशमंत्री होंगे कुछ मंत्री पिछले सरकार में मिला मंत्रालय फिर संभालेंगे प्रकाश जावड़ेकर नये सूचना और प्रसारण मंत्री बनाये गये है वे वन और पर्यावरण मंत्रालय भी संभालेंगे अन्य मंत्रियों के विभाग हैं डीवी सदानंद देवगौड़ा रसायन और उर्वरक नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम रामविलास पासवान खाद्य उपभोक्ता और सार्वजानिक वितरण नरेन्द्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास और पंचायत रविशंकर प्रसाद विधि और न्याय संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंकरण थवरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास अर्जुन मुंडा जनजातीय मामले स्मृति ईरानी महिला बाल विकास और कपड़ा डॉ हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री पियूष गोयल रेल उद्योग और वाणिज्य धर्मेन्द्र प्रधान प्राकृतिक गैस और इस्पात पेट्रोलियम प्रहलाद जोशी खनन कोयला और संसदीय कार्य महेन्द्रनाथ पांडेय कौशल विकास उद्यमशीलता अरविंद गणपतिसावंत भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन गजेन्द्र सिंह शेखावत जल शक्ति स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार राव इंद्रजीत सिंह सांख्यकीय कार्यक्रम कार्यन्वयन और योजना श्रीपद एसो नाईक आयुष रक्षा डॉ जितेन्द्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक जनशिकायत और पेंशन किरेन रिजिजू खेल एवं युवा अल्पसंख्यक कार्य प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति और पर्यटन राजकुमार सिंह कौशल विकास बिजली नवीन और नवकरणीय ऊर्जा हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामले नागरिक उड्डयन मनसुख लाल मंडाविया जहाजरानी राज्य मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है सीएम बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश का जो भी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर फतह करेगा राज्य सरकार यात्रा के लिये उसे मदद देगी आज मंत्रालय में कमलनाथ से माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रदेश की पहली दो युवा महिला पर्वतारोही भावना डेहरिया और मेघा परमार ने सौजन्य भेंट की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक खेल और अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया कैट का प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा मुलाकात के दौरान श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और व्यापार व्यवसाय के विस्तार के लिये राज्य सरकार मित्रवत वातावरण बनाने के लिये निरंतर प्रयत्नशील है उन्होंने कहा कि वचन पत्र उद्योगों और व्यापार व्यवसाय के लिये जो वादे हैं सरकार उन्हें पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है जल संरक्षण खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले के निर्देश के बाद जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम और मनरेगा के तहत संचालित अन्य जल ग्रहण कार्यो में तेजी आई है नदी पुर्नजीवन और जल ग्रहण संबंधी सभी कार्य पूर्ण होने पर वर्षा जल भरने से पहले और बाद में इन कार्यो की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी की जा रही है

विधि मंत्री पी सी शर्मा ने आज भोपाल में मीडिया से बात करते हुये कहा कि मंदसौर समेत राज्य के कई स्थानों पर किसान आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकार ने किसानों के खिलाफ मुकादमें दर्ज किये थे

उन्होंने कहा इन सभी प्रकरणों की जानकारी जुटाकर समीक्षा की जायेगी और फिर इन्हें वापस लिया जायेगा विधि मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनैतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज किये गये मुकादमों की जानकारी जुटाई जा रही है इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे कौशल विकास मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उच्च शिक्षा और कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण हो यह सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा लक्ष्य है कि शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा वर्ग को सुनिश्चित अवसर मिले इसके लिये प्रदेश में नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड गठित करने पर विचार किया जायेगा कमलनाथ आज मंत्रालय में उच्च शिक्षा और कौशल विभाग की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में हमें उन फैकल्टी में विशेष ध्यान देना है जिससे हमारे जवानों को रोजगार मिले सेवादल प्रदेश कांग्रेस सेवादल का पुर्नगठन करने प्रदेश के सभी संभाग और जिलों के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये है कांग्रेस सेवादल के प्रदेश प्रमुख सत्येन्द्र यादव की अध्यक्षता आज एक बैठक हुई

हाल ही में सेवादल की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी को भंग किया गया है

जिसमें संगठन से जुड़े विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है तंबाकू निषेध दिवस विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में जागरूकता रैली निकाली गई और स्कूलों में लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता सहित कई अन्य कार्यकम आयोजित किये गये रायसेन में जागरूकता रैली निकाली गई पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया उमरिया के जिला अस्पताल में एक शपथ कार्यक्रम के उपरान्त डॉक्टरों ने रक्तदान किया शिक्षण संस्थाओं में लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया डिंडौरी में पुलिस विभाग ने जागरूकता रैली निकाली इस दौरान तम्बाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई गई होशंगाबाद में मानव श्रृंखला बनाई गई जिसमें स्थानीय नागरिक युवाओं महिलाओं और बच्चों सहित सामाजिक संगठनों ने शामिल होकर तम्बाकू निषेध का संदेश दिया मुरैना में मानव श्रृंखला बनाई गई इंदौर में क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो नेहरू युवा केन्द्र सखी उद्यमिता विकास और मानव कल्याण संस्थान नर्मदांचल ग्रामीण विकास संस्थान एकलव्य युवा मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये खंडवा में तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव और बचाव के लिये जन जाग्रति रैली निकाली गई छिंदवाड़ा झाबुआ नीमच देवास और शिवपुरी में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये